रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में एक सौ बहत्तरवीं दो दिवसीय पेंशन अदालत का किया उद्घाटन कहा देश का युवा सेना में शामिल होने का है इच्छुक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है शामिल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यपालों से नागरिकों के संवैधानिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से जुड़े सेवा पहलुओं को उजागर करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने राज्यपालों से मौजूदा योजनाओं और पहलों का इस्तेमाल करते हुए समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए काम करने का आग्रह किया राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के पचासवें सम्मेलन में श्री मोदी ने राज्यपालों और उप्राज्यपालों से आम जनता की शिकायतों पर ध्यान देने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश अपने प्रशासनिक ढांचे के कारण विकास के मामले में एक मॉडल बन सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख किया जहां पर गरीब और वंचित वर्गों की बेहतरी के लिए रोजगार के नये अवसर इंतजार कर रहे हैं उन्होंने कहा कि तपेदिक के बारे में जागरूकता फैलाने और दो हजार पच्चीस तक देश को इस बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए राज्यपाल कार्यालय का प्रयोग किया जा सकता है इससे पहले दो दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि जनजातियों का विकास और सशक्तिकरण समग्र विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जूड़ा है राष्ट्रपति कोविंद ने जल शक्ति अभियान को स्वच्छ भारत मिशन की तरह एक जन आन्दोलन बनाने को कहा इस अवसर पर केद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्यपाल केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का युवा सेना में शामिल होने का इच्छुक है युवा आत्म सम्मान के साथ साथ देश की गरिमा को बनाये रखना चाहता है श्री सिंह कल लखनऊ में रक्षा लेखा पेंशन महानियंत्रक द्वारा आयोजित एक सौ बहत्तरवीं पेंशन अदालत के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे सभी प्रभावी कदम उठा रही है जिससे पूर्व सैनिकों को पेंशन पाने में किसी तरह की समस्या न हो उन्होंने कहा कि सभी पूर्व सैनिक देशवासियों के लिये प्रेरणा का स्रोत है और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये मददगार साबित हो सकते हैं रक्षामंत्री ने बताया कि पूर्व सैनिकों के पेंशन संबंधी मामलों के निराकरण के लिये एक कॉल सेन्टर भी बनाया गया है इस दो दिवसीय पेंशन अदालत में राज्य के दूर दराज इलाकों से आये पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया और यह पहला अवसर था कि जब इस तरह के कार्यक्रम में किसी रक्षामंत्री ने भाग लिया हो राज्य में अब तक इस तरह की ग्यारह पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा चुका है और लखनऊ में इसका आयोजन दूसरी बार किया गया है इस अक्सर पर रक्षा लेखा पेंशन महानियंत्रक संजीव मित्तल ने कहा कि पूर्व सैनिकों के पेंशन व्यवस्था तंत्र को पूरी तरह ऑन लाइन किया जा रहा है श्री मित्तल ने कहा कि पूरे देश में बत्तीस लाख पेंशन भोगी पंजीकृत है इनमें कुछ द्वितीय विश्व युद्व के सैनिक भी शामिल है

उन्होंने कहा कि यह समारोह काशी में पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक विरासत से लोगों को सीधा अनुभव कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि गंगा और ब्रहमपुत्र नदी घाटी में प्राचीन संस्कृति विविध हथकरघा और सुती उत्पादों आध्यात्मिक विरासत और जीवन्त पर्यटन केन्द्रों के मामले में कई समानताए नज़र आती है इसलिए आयोजन के लिये वाराणसी का चयन स्वाभाविक था छब्बीस नवम्बर तक चलने वाले इस आयोजन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्य अपने अपने राज्यों के हस्तशिल्प हथकरघा जैविक उत्पादों और सांस्कृतिक दलों के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं इस अवसर पर सिने अभिनेत्री जीनत अमान सहित फिल्म संगीत और खेल के क्षेत्रों के कई विभूतियां भी मौजूद थीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मन की बात की उन्सठवीं कड़ी होगी इसका प्रसारण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और द्रदर्शन के साथ ही समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आइ सी डॉट इन और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अच्छे चिकित्सक के लिये धैर्यवान और संवेदनशील होना जुरूरी है यह बात श्री योगी ने कल लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नवनिर्मित एकेडमिक ब्लॉक के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हए कही उन्होंने कहा कि डॉक्टरों द्वारा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ उपचार करने से मरीज़ को शीघ्र फ़ायदा होता है मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है श्री योगी ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा सहित विभिन्न जन कल्याणकारी कामों के प्रस्तावों को केन्द्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से अनुमोदित किया है इसी कड़ी में एक सौ पचास लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिलीं जिससे प्रदेश में एक साल के दौरान अट्ठहत्तर हज़ार लोगों के जीवन को बचाने में सफलता हासिल हुई उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड यू पी पी सी एल के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने कल लिखित आदेश जारी कर के उनके पैसे लौटाने का आश्वासन दिया यू पी पी सी एल ने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि पूंजी गैर कानूनी तरीके से दीवान हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड डी एच एफ एल में निवेश किया था आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि प्रमुख ऊर्जा सचिव अरविन्द कुमार की ओर से जारी किए गये आदेश में कहा गया है कि यदि कानूनी प्रक्रिया के तहत डी एच एफ एल से पैसा वापस नहीं मिलता है तो सरकार का पॉवर कॉरपोरेशन कर्मचारियों के भविष्य निधि के पैसे का भुगतान करेगा साथ ही यह भी कहा गया कि अगर पॉवर कॉरपोरेशन के पास पैसे की कमी होगी तो सरकार की तरफ से ट्रस्ट को ऋण दिया जायेगा जिससे कर्मचारियों का पैसा वापस किया जा सके भविष्य निधि घोटाले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है यू पी पी सी एल ने ने अपने कर्मचारियों की चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की भविष्य निधि पूजी गैर कानूनी तरीके से डी एच एफ एल में निवेश की है जिसमें से दो हजार दो सौ करोड़ रूपये से अधिक की राशि अमी भी घोटाते के आरोपो से धिरी वित्तीय कम्पनी डी एव एफ एल के खाते में है प्रदेश सरकार पहले ही घोटाले की सी बी आई जांच के आदेश दे चुकी है प्रदेश के मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस महीने की तीस तारीख़ तक अभियान चला कर सभी तहसीलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सिलसिले में जुरूरी काम पूरे किये जायें उन्होंने कहा कि योजना के तहत एक करोड़ ग्यारह लाख से ज्यादा ऐसे मामले लम्बित है जिनमें पोर्टल पर अपलोड किये गये डाटा में उल्लिखित कृषक का नाम उसके आधार कार्ड में दर्ज नाम से भिन्न है जिसकी वजह से कृषकों को दी जाने वाली क़िस्तें उन्हें नहीं मिल पायेंगी मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि इस अभियान के ज़रिये तहसीलों के रिकार्ड रूम से राजस्व ग्रामवार किसानों के दस्तावेज़ निकाल कर उनके आधार कार्ड की छायाप्रति से मिलान कर के नाम सही किये जायें राज्य सरकार प्रदेश की आठ प्रमुख नदियों का बेसिन प्लान तैयार कर रही है इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है सिंचाई और जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव टीवेंकटेश ने बताया कि गोमती रिवर बेसिन प्लान के साथ साथ अब गंगा यमुना घाधरा राप्ती गंडक रामगंगा और सोन नदियों का रिवर बेसिन प्लान तैयार किया जायेगा योजना के तहत इन नदियों की धारा को अविरल बनाये रखने के लिये आगामी तीस वर्षो का एक्शन प्लान बनाया जायेगा